देश के दस करोड परिवार होंगे लाभान्वित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रदेश के लिये निरामयम योजना की शुरूआत की जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों ने किया योजना का शुभारंभ निर्वाचन आयोग प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव संबंधी गतिविधियों की नियमित जांच करेंगा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया इस योजना के अंतर्गत देश में दस करोड से अधिक परिवारों को हर साल पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना से सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना साकार हुआ है देश में पचास करोड़ से ज्यादा नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली ये दुनिया अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना में एक हजार तीन सौ से अधिक बीमारियों को शामिल किया गया है इनमें हदय गुर्दा मधुमेह और लीवर संबंधी बीमारियां भी शामिल है उन्होंने कहा कि इस योजना में शामिल होने के लिये किसी को कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नही है लाभार्थियों को सुविधा लेने के लिये एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जायेगा निरामयम मप्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में आयुष्मान निरामयम मध्यप्रदेश योजना का शुभारंभ किया इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थांवरचन्द्र गेहर्लोत और ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना नागरिकों का बुनियादी अधिकार है योजना का कियान्वयन प्रदेश में ट्रस्ट मॉडल के रूप में किया जायेगा वहीं योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिये व्यापक अभियान भी चलाया जायेगा

यह सुविधा चिहिन्त निजी और शासकीय अधिमान्य अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में मिलेगी इसमें महत्वपूर्ण जटिल बीमारियों का उपचार शामिल है नागरिकों की सुविधा के लिये जिला अस्पतालों में मरीजों की मदद के लिये आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति और कियोस्क की स्थापना की गयी है योजना में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना सहित संबल और समग्र योजना के हितग्राहियों को भी इसका लाभ भिलेगा योजना का शुभारंभ जिलास्तर पर प्रभारी मंत्रियों द्वारा किया गया मुरैना में स्वास्थ्य मंत्री रूस्तम सिंह ने डिंडोरी में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ओमप्रकाश धूर्वे ने सीहोर में लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने और सतनादेवासखंडवाआगरमालवाधारसागर सहित अन्य जिलों में प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने योजना की शुरूआत की हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र की स्थापना की जा रही है इन्हें गांवों और प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रों में स्थापित किया जा रहा है इन कोन्द्रों में ब्नियादी स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधा के अलावा टेली मेडिसिन पद्धति से विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श भी मिल सकेगा इन केन्द्रों में आयुष पद्धति और योग के माध्यम से स्वस्थ्य जीवन शैली संबंधी परामर्श भी दिया जायेगा प्रदेश में इन्हें मध्यप्रदेश आरोग्यम का नाम दिया गया है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में स्थापित किये जा रहे है

कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ मास्ट ट्रेनरों को जिलों में संचालित ईको क्लब विद्यालय की गतिविधियों पर्यावरण संरक्षण की कार्ययोजओं के संबंध में जानकारी देंगे मोगली बाल उत्सव प्रदेश के चार राष्ट्रीय उद्यानों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और होशंगाबाद स्थित मढ़ई राष्ट्रीय उद्यान में होगा

पात्र विद्यार्थियों की सुविधा की लिये राज्य शिक्षा केन्द्र ने ये निर्देश जारी किये हैं केन्द्र ने मैदानी अधिकारियों से सभी पात्र विद्यार्थियों से आवेदन लेने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है

इसके तहत आयोग ने मध्यप्रदेश सहित चार राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में ब्यौरे की जानकारी दी है इस वर्ष मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ राजस्थान और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होना है आयोग ने इन राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया है कि मतदाता सूचियोंमतदान केन्द्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भंडारण संबधी चुनावी गतिविधियों की नियमित रूप से विस्तृत जांच की जायेगी आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाताओं के व्यवस्थित शिक्षण और चुनाव में भागीदारी यानी स्वीप गतिविधियों और विकासखंड स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण की भी जांच की जायेगी आयोग ने निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी जांच के लिये आवश्यक जानकारी या स्पष्टीकरण उसी दिन तत्काल जांच दल को उपलब्ध कराये

स्थानीय जम्बूरी मैदान में होने वाले इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अभित शाह सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे इस कार्यक्रम के लिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है वहीं ट्रेफिक जाम से बचने के लिये आयोजन के दिन भोपाल में व्यस्तम मार्गो पर यात्रायात व्यवस्था परिवर्तित रहेगी

श्री मोदी ने लोगों से नरेन्द्र मोदी एप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है

अनंत चतुर्दशी आज अनंत चतुर्दशी है इसके साथ ही गणेश महोत्सव का आज समापन हो जायेगा मूर्ति विसर्जन के लिए शोभायात्राएं निकाली जा रही है भोपाल के साथ ही प्रदेश के सभी प्रमुख घाटों पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है आगरमालवा जिले में भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही गणेश उत्सव का आज समापन हो जायेगा सतनाखंडवामुरैना जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जाने कई साथ ही विसर्जन स्थल पर गोताखोरों को भी तैनात किया गया है मदरसा अनुदान प्रदेश में मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये केन्द्र सरकार की योजना में एक हजार छह सौ स अधिक मदरसों को अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है मदरसों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि की गयी है मदरसों को प्रस्तकालय साइंस किट और कम्प्यूटर लैब स्थापित करने के लिये राशि उपलब्ध करवाई गयी है राज्य में मदरसों के अधोसंरचना विकास और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा रिपेयरमेंटेनेंस और अपग्रेडेशन आफ मदरसा योजना संचालित की जा रही है मौसम बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर उज्जैनजबलपुरहोशंगाबादभोपाल ग्वालियर और चंबल संभागों में बारिश दर्ज की गयीं झाबुआ जिले में भारी बारिश के चलते सभी प्रमुख नदिया और नाले उफान पर है जिले के पारा में कई निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनने से लोगों को परेशानी का सामना करना पडा वही कई ग्रामीण क्षेत्रों का सड़क संपर्क ट्रूट गया है उधर नीमच जिले में भी पिछले दो दिनों से जारी बारिश के चलते आमजनजीवन प्रभावित हो रहा है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटो के दौरान ग्वालियर उज्जैन और चंबल संभाग में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है वहीं भोपाल होशंगाबाद इंदौर सागर जबलपुर रीवा शहडोल संभागों में भी बारिश होने की संभावना है